वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निजी स्वार्थ के लिए पार्टियां बदलने को बताया अनुचित जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मतदान केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी

देवेश कुमार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने बताया है कि मतदाताओं को चुनाव संबंधी जानकारी देने के लिए वोटर हेल्पलाइन को अपग्रेड किया गया है शिमला में आज उन्होंने कहा कि आयोग की वोटर हेल्पलाइन ऐप में सुधार किया गया है और इसके माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उम्मीदवार के बारे में दी गई जानकारी मतदाता को मिल सकेगी देवेश कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी को लगातार अपडेट किया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं को जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से मतदाता अपने स्मार्ट फोन पर शपथ पत्र तथा काउंटर ऐफिडेविट पढ़ने के अलावा इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ये मोबाईल ऐप अभी केवल एन्ड्रॉयड फोन पर उपलब्ध है और जल्द ही इसे आईओएस पर भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ईमानदारी से लोगों की सेवा कर रही है वे आज मंडी जिले सिराज विधानसभा क्षेत्र के देवधार में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने नई उंचाईयों को छुआ है और केन्द्र सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं से प्रदेश के भी लाखों परिवार लाभान्वित हुए हैं मुख्यमंत्री ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री पंडित सुखराम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में आयाराम गयाराम जैसी राजनीति उचित नहीं है उन्होंने कहा कि ऐसे प्रचलन से राजनीतिज्ञों के बारे में समाज में बुरा संदेश जाता है

जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई कि प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी इस अवसर पर मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा भी मौजूद रहे

जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने बताया है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केन्द्र में चार कर्मचारी और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी

कुल्लू स्वीप लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने और पात्र लोगों के नाम मतदाता सूचियों में शामिल करने के लिए कुल्लू जिले में निर्वाचन आयोग के जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत एक अभियान चलाया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी यूनुस ने बताया है कि अभियान के तहत दूरदराज क्षेत्रों के मतदाताओं से पोस्ट कार्ड के माध्यम से मतदान की विशेष अपील की जाएगी

इधर स्वीप कार्यकम के तहत कसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र की राजकीय उच्च पाठशालाओं धाली व पदेची में विद्यार्थियों को निर्वाचन प्रक्रिया और मतदान की जानकारी दी गई स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी दिलीप वर्मा ने विद्यार्थियों का आहवान किया कि वे लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करें लाहौल सड़क जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में इन दिनों मतदान केंद्रो को जोड़ने वाली सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य युद्वस्तर पर जारी है

वहीं विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टशीगंग मतदान केंद्र सहित मुद खर और तेलिंग केंद्रो तक जाने वाली सड़कों को खोलने का कार्य भी जारी है

सोलन जिला चुनाव तहसीलदार मोहेंद्र ठाक्र ने बताया कि मतदाता कार्ड ऑनलाईन व ऑफलाईन दोनों तरह से बनाये जा सकते हैं

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेतृत्व में सिरमौर जिला विकास की ओर अग्रसर है सुरेश कश्यप ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप भी लगाया इस मौके वरिष्ठ भाजपा नेता व विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि देश को आज एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व शक्ति बनकर उभरा है सुरेश भारद्वाज वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि देश की सत्ता में नारी शक्ति का सदैव महत्वपूर्ण योगदान रहा है शिमला में भाजपा मंडल महिला मोर्चा के एक कार्यक्रम में आज उन्होंने कहा कि केन्द्र द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं से देश की जनता को लाभ मिला है सुरेश भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशी ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे भाजपा नेता भाजपा नेता गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा है कि पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है जबकि कांग्रेस अब तक अभियान भी शुरू नहीं कर पाई है कुल्लू में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी से ज्यादा परिवार को एहमियत देना सही नहीं है

उन्होंने कहा कि इसके विपरीत कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के साथ हमेशा भेदभाव किया है

नवरात्रों को देखते हुए प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों सहित मां दुर्गा के अन्य ऐतिहासिक मंदिरों में विशेष हवन यज्ञ के आयोजन की तैयारियां की गई हैं

इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को नवरात्रे और हिन्दु नववर्ष की बधाई दी है उन्होंने उम्मीद जताई कि नववर्ष लोगों के जीवन में नई उमंग और खुशियां लेकर आएगा